आज भी वेल्लोर से हजारो की संख्या मे लोग प्रवासी कामगार रांची के हटिया स्टेषन पहुंचे वेल्लोर से आयी स्पेशल ट्रेन से हटिया स्टेशन पर उतरने के बाद इन यात्रियों का गुलाब देकर स्वागत किया गया वहीं सूरत से एक स्पेषल श्रमिक ट्रेन देवघर जिले के जसीडीह और दूसरी ट्रेन टाटानगर स्टेषन पहुंची इधर तेलंगाना के लिंगमपल्ली से भी प्रवासी श्रमिकों को लेकर एक स्पेषल ट्रेन आज धनबाद पहुंची इस श्रमिक स्पेषल ट्रेन से आये प्रवासी कामगारों से किराया नहीं लिया गया तेलंगाना से धनबाद लौटे सभी यात्रियों के चेहरे पर अपने घर पहुंचने की खुपी साफ साफ झलक रही थी यात्रियों ने बताया कि न तो उनसे रेलवे द्वारा किसी तरह से किराया वसूला गया और न ही कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत हुई रास्ते में रेलवे द्वारा खाने पीने का पूरा ख्याल रखा गया मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार लॉकडाउन में फंसे प्रवासी झारखण्डवासियों को आश्वस्त करना चाहती है कि कुछ समय लगेगा लेकिन सभी को उनके घर अवश्य वापस लाया जाएगा श्री सोरेन ने कहा कि आपदा में सभी ने अब तक धीरज रखा है उन्होंने लोगों से थोड़ा और धैर्य रखने की अपील की मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखण्ड सरकार अन्य राज्य की सरकारों से बात कर अधिक संख्या में ट्रेनों के परिचालन के लिए प्रयासरत है राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेष्वर उरांव ने बताया कि कर्नाटक और तेलंगाना में झारखंड के फंसे प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के लिए मुख्य सचिव ने दोनों राज्यों के पदाधिकारियों से बात की है श्री उरांव ने बताया कि कर्नाटक और तेलंगाना सरकार ने झारखण्ड के लिए स्पेषल श्रमिक ट्रेन चलाने पर सहमति प्रदान कर दी है

इस मौके पर जमशेदपुर ब्लड बैंक में पूर्वी सिंहभूम रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया

रेड क्रॉस जमशेदपुर के महासचिव बिजय कुमार सिंह ने बताया कि पिछले डेढ़ महीने से रक्तदान के लिए किसी प्रकार के शिविर नहीं लगने के कारण थैलेसीमिया और हिमोफीलिया के मरीजो को रक्त की भारी कमी हो गई थी इस मौके पर एक सौ से अधिक बार रक्तदान कर चुकी अरुण पाठक ने बताया कि रक्तदान करने से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती है रक्तदान करने पहुंची महिलाओं ने बताया कि वह पहले भी कई बार रक्तदान कर चुकी हैं गढ़वा के कोरोना संक्रमित तीनों मरीजों की सैंपल जांच रिपोर्ट तीसरी बार नेगेटिव आने के बाद उन्हें वापस घर भेज दिया गया है इसके साथ ही गढ़वा कोरोना वायरस मुक्त जिला बन गया है जिले के उपायुक्त हर्ष मंगला ने बताया कि तत्कालिक तौर पर गढ़वा जिला कोरोना मुक्त हो गया है लेकिन अभी आगे इसी तरह सावधानी बरतने की जरूरत है जिले में लॉक डाउन का पालन पूर्ववत रूप से सख्ती से जारी रहेगा

जिले की एक सौ पांच षाखा डाकघरों से लोग विभिन्न योजनाओं की राषि प्राप्त कर रहे हैं क्रडेग प्रखंड स्थित डाकघर शाखा में बड़ी संख्या में ग्रामीण विभिन्न पेंषन योजनाओं की राषि निकालने पहंच रहे है डाकघर शाखा पहंचने वाले लोग सामाजिक द्री का पालन करते हुए अपना आधार नम्बर बताकर माइको ए टी एम के माध्यम से प्रधानमंत्री जनकल्याण योजना के तहत महिला जनधन बैंक खाते में जमा करायी गयी राषि के अलावा वृद्वा पेंषन और उज्ज्वला योजना के तहत दी गयी राषि प्राप्त कर रहे हैं लाभुक नारायण मिश्रा और गड़ियाजोर पंचायत के मुखिया चोन्हास बारला ने बताया कि डाक विभाग की मदद से लोगों को आसानी से राषि मिल जा रही है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

भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के रांची स्थित कार्यालय की ओर से यलो अलर्ट जारी किया गया है

आज से डीडी न्यूज और ऑल इंडिया रेडियो द्वारा अपने प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में मीरपुर मुजफ्फराबाद और गिलगित सहित भारतीय शहरों और शहरों के तापमान और मौसम की रिपोर्ट प्रसारित किये जाएंगे मौसम की रिपोर्ट दिखाने वाले निजी चैनल जल्द ही इसका पालन करेंगे

द्मका जिले के जरमुंडी थाना क्षेत्र में फर्जी बैंक अधिकारी बन कर लोगों के बैंक खातों से पैसे उड़ाने के आरोप में पुलिस ने आज दो साईबर अपराधियों को गिरफतार कर लिया हजारीबाग पुलिस ने तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है